मंत्रिमण्डल ने जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जलविद्युत निगम को देने का लिया निर्णय सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियां अपने मुनाफे का दो प्रतिशत देश के अति पिछड़े घोषित जिलों में करेगी खर्च राज्य में कूड़े कचरे के निष्पादन के लिए छोटे स्थानों पर लघु कचरा निष्पादन प्लांटस किए जाएंगे स्थापित मंत्रिमण्डल राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया योजना के तहत ढाई लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों को एक लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल से राज्य मंत्रिमण्डल ने उद्योगों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक हजार रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया

मंत्रिमण्डल ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच और स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावी कुशल सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया

साथ ही राज्य उद्योग विभाग में उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फरवरी महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करने सहित निवेशकों की सुविधा के लिए मौजूदा औद्योगिक नीति में संशोधन करने का फैसला भी मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया आभार इस बीच किन्नौर जिले में जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जलविद्युत निगम समिति को देने पर सीएमडी नंद लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर उनका आभार जताया एकल खिड़की राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की एक बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई

बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह मुख्य सचिव वीके अग्रवाल और उद्योग सचिव मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

वे आज नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और इससे माताओं नवजात शिशुओं व बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है स्वास्थ्य और परिवार राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने समावेशी विकास प्रक्रिया में संतुलन बनाये रखने की अपील की

प्र तिनिधिमण्डल निर्वासित तिब्बती संसद के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज राजभवन में राज्यपाल आचार्य देववत से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तिब्बत और भारत के बीच समृद्ध प्राचीन व समसामयिक सभ्यताजनक संबंध रहे हैं

प्रतिनिधिमण्डल ने निर्वासित तिब्रतियों के सहयोग व समन्वय के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और साथ ही राज्यपाल को अपना पांच सूत्रीय अनुरोध पत्र भी सौंपा वीरेन्द्र कश्यप रैडक्रॉस के माध्यम से दुनियाभर में जरूरतमंद व असहाय लोगों की सहायता के लिए समाज की सहभागिता से सेवाकार्य किए जाते हैं सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने आज शिमला जिले के रोहडू में आयोजित रैडक्रॉस मेले के उदघाटन अवसर पर ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाना है वीरेन्द्र कश्यप ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और सभी से संस्था को भरपूर सहयोग देने की अपील भी की

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ज़िला प्रशासन ने आज तैयारियों की समीक्षा की और उपायुक्त संदीप कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खाद्य आपूति मंत्री किशन कपूर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी मौजूद रहेंगे शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि देश में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों को अपने सालाना मुनाफे का दो प्रतिशत हिस्सा देश के अति पिछड़े जिलों में खर्च करना आवश्यक है चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

शांता कुमार ने बताया कि चम्बा में प्रस्तावित सिकरीधार सीमेंट प्लांट को स्थापित करने के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी उन्होंने चम्बा में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने व केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक विक्रम जरयाल व जियालाल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे

पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश के छोटे स्थानों पर लघु कचरा निष्पादन प्लांटस लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे जहां स्वच्छता अभियान को बल मिलेगा वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामपाल ने आज उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी से मिलकर कर्मचारियों की इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की